्र आगामी त्यौहारों को देखते हुए प्रदेश में आज से शुरू हुआ शुद्ध के लिये युद्ध अभियान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

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया

उन्होंने बताया कि नये प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढाना है

अजमेर में इसके लिए पचास दलों का गठन किया गया है वहीं करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के पहले चरण का दूसरा फेज़ आज से जिलेभर में शुरू हुआ

चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने केन्द्र को छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने नये कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति दे दी है

राज्य सरकार के इस निर्णय से फल सब्जी तथा कृषि उपज मण्डियों के व्यापारियों को राहत मिलने की संभावना है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि आने वाले त्यौहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये यह अभियान चलाया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि उनके साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी और स्थानीय विधायक रमेश चंद मीणा भी थे श्री चांदना ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और राज्य सरकार की तरफ से दस लाख रुपये का चैक प्रदान किया

यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय में उनकी जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है विजया राजे सिंधिया की जयन्ती पर प्रदेश में भी कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए बूंदी में भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रष्पांजलि अर्पित की

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

कोविड मृत्यू दर घटकर एक दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है जो विश्व में सबसे कम है

टोंक में आज एनडीआरएफ की तरफ से रैली निकालकर जागरुकता का संदेश दिया गया रैली को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली टोंक मालपुरा और देवली सहित कई स्थाानों पर लोगों को कोविड के प्रति जागरुक करेगी बांसवाडा शहर में अभियान के तहत विभिन्न वॉर्डो में मास्क बांटे गये इसके साथ ही जागरुकता संबंधी स्टीकर और बैनर लगाये गये

कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट स्पेशल हर सोमवार मंगलवार शुक्रवार और शनिवार को कोटा से शाम पांच बजकर बीस मिनिट पर रवाना होकर अगले दिन सुबह नौ बजकर पचपन मिनिट पर श्रीगंगानगर पहंचेगी श्रीगंगानगर से कोटा की ट्रेन हर सोमवार ग्रूर्वार शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर बुधवार गुरूवार और रविवार को झालावाड़ से दोपहर बाद तीन बजकर पच्चीस मिनिट पर रवाना होकर अगले दिन सुबह सवा दस बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी इसी तरह श्रीगंगानगर झालावाड़ सिटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार बुधवार और शनिवार को चलेगी